मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ व्यापार की बढ़ रही है अपार संभावनाए

उत्साह और हर्षोल्लास के वातावरण में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है छठ महापर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे के दौरान लगभग चौबीस सौ करोड़ रूपये की विमिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने एक हजार पांच सौ इकहत्तर करोड़ पन्वानबे लाख रूपये की लागत वाले चौतीस किलोमीटर लम्बे दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गंगा नदी पर दो सौ सात करोड़ रूपये की लागत से निर्मित एक अंतरदेशीय जल मार्ग टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि काशी विकास का गवाह बना है देश ने जो सपना देखा था आज वह पूरा हो गया है आज वाराणसी और देश विकास के उस कार्य का गवाह बना है जो दशको पहले होना जरूरी था लेकिन नहीं हुआ देश का प्रधान सेवक होने के साथ ही वाराणसी का सांसद होने के नाते मेरे लिए आज दोहरी खरी का मौका है इस पवित्र भूमि से हर किसी का आध्यात्मिक सम्पर्क तो है ही आज जल थल नय तीनों को ही जोड़ने वाली नई ऊर्जा का संचार इस देश में हुआ है इनहेस जनरेरान इंफ्रास्क्टयर इसकी अक्षारणा कैसे देश में ट्रासपोर्ट के तौर तरीको का कायाकल्प करने जा रही है श्री मोदी ने जलमार्ग पोत पर मेजी जाने वाली देश की पहली कंटेनर खेप भी प्राप्त की इसे कोलकाता से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भेजा गया था श्री मोदी ने कहा कि जल थल नभ को जोड़ने वाली नई ऊर्जा का संचार इस क्षेत्र में हुआ है अंतरदेशीय जल मार्गो के विकास से व्यापार जगत को काफी फायदा होगा

आज यहां बाक्तपुर हवाई अड़डे से शहर को जोड़ने वाली सड़क रिंग रोड काशी शहर की कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट विजली के तारों को अंडर ग्राउंड करने से जुड़ी परियोजनाओं गंगा को पूट्रषण मक्त करने के प्रयासों को बल देने वाली अनेक परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया गया है करीब करीब ढाई हजार करोड़ रूपये से ज्यादा इसके ये प्रोजेक्ट बदलते हुए बनारस की तस्वीर को और भव्य बनायेंगे प्रधानमंत्री ने कल वाजिदपुर में आयोजित समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की योगी सरकार और काशीवासियों को धन्यवाद दिया और कहा कि इन विकास परियोजनाओं से पूर्वांचल के विकास को गति मिलेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया श्री योगी ने कहा कि काशी अब तक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी थी लेकिन पहली बार काशी में भौतिक विकास होता दिखाई दे रहा है उन्होंने देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल के उदघाटन के लिए प्रघानमंत्री को धन्यवाद दिया श्री योगी ने कहा कि अब प्रदेश में पर्यटन के साथ व्यापार की अपार संभावनायें बढ़ेगी इस अवसर पर केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मार्व दो हजार उन्नीस तक अस्सी प्रतिशत गंगा स्वच्छ हो जायेगी उन्होंने कहा कि आज जल मार्ग के जरिये माल वाहक जहाज का सपना पूरा हुआ है इससे नदी के माध्यम से माल दलाई पर कम खर्च लगेगा

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मिली इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने उनके प्रति आमार व्यक्त किया है गत दस नक्म्बर को वाराणसी हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की संख्या चार हजार आठ सौ तिरसठ तथा यहां से प्रस्थान करने वाले यात्रियों की संख्या पांच हजार एक सौ चौहत्तर रही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है प्रधानमंत्री का सपना है कि देश के आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा सुलम हो इसे ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने उड़ान योजना संचालित की है जिसके माध्यम से छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न हवाई अड्डों के विकास के साथ साथ क्शीनगर तथा जेवर में अन्तरांष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण कार्य को गति दी गई है उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की खण्डपीठ ने कल अखिल भारतीय हिन्दू महासमा की ओर से दायर एक याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि यह मामला जनवरी में उचित खण्डपीठ द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्द किया जा चुका है केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता एचएन अनंत कुमार का कल तड़के दो बजे बंगलुरू में निघन हो गया उन्सठ वर्षीय अनंत कुमार कैसर रोग से पीड़ित थे वे पिछले कुछ दिनों से आईसीयू में भर्ती थे अनंत कुमार दक्षिणी बंगलुरू से छह बार लोकसभा सांसद रहे वर्तमान में वे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के भी प्रमार में थे वे वाजपेयी सरकार में उड्डयन पर्यटन और शहरी विकास मंत्री मी रह चुके हैं दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार आज दिन में एक बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बंगलुरु में किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि श्री अनंत कुमार का निधन पूरे देश और विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए बड़ी क्षति है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे अपने घनिष्ठ सहयोगी और मित्र के निधन से स्तब्य है गृहमंत्री राजनाथ सिंह विदेशमंत्री सुषमा स्वराज रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण सुवना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्वन सिंह राठौड़ ने केन्द्रीय मंत्री के निवन पर गहरा दृःख व्यक्त किया है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनके निघन से पार्टी को क्षति पहुंची है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार के निवन पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक शोक सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनंत कुमार एक लोकप्रिय नेता थे उनका जनता से गहरा जुड़ाव था

अक्तूबर महीने में रसोई से संबंधित खाद्य वस्तुओं फलों और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों के सस्ता होने के कारण खुदरा मुद्रास्फीति की दर एक साल में सबसे कम तीन दशमलव तीन एक प्रतिशत पर आ गई है कल जारी सरकारी आंकड़ों में दिखाया गया र्हे कि सितम्बर दो हजार अट्ठारह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर तीन दशमलव सात प्रतिशत थी और अक्तूबर दो हजार सत्रह में यह तीन दशमलव पांच आठ प्रतिशत थी सूर्य उपासना का महापर्व सूर्य षष्ठी यानी छठ पर आज प्रदेश भर में विशेष रूप से पूर्वी जिलों में अत्यंत उत्साह है लोग धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के वातावरण में पर्व मना रहे हैं कल खरना पूजा के बाद श्रद्वालु आज निर्जल उपवास पर हैं आज शाम श्रद्दालू अस्तांवलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत सम्पन्न करेंगे इस बीच कल बाजारो में भीड़ भाड़ और चहल पहल रही विभिन्न पूर्वी जिलों में लोगों ने देर शाम तक छठ पूजा से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी की बाजारो में मौसमी फलो और सब्जियों की भरगार रहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक बघाई और श्मकामनाएं दी हैं अपने बघाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पर्व हमें प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देता है